कोविड संकमण से ग्रस्त राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को आज शाम बेहतर इलाज के लिए एयर एंब्लेंस से चेन्नई के एमजीएम अस्पताल ले जाया गया इनका इलाज रांची के मेडिका अस्पताल में किया जा रहा था जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई थी फेफड़े में संकमण की समस्या बढ़ने पर चिकित्सकों के दल ने उन्हें बाहर ले जाने की सलाह दी वे पिछले बीस दिनों से अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कृषि मंत्री बादल और सांसद चन्द्र प्रकाश चौधरी ने भी अस्पताल जाकर चिकित्सकों से इनके स्वास्थ्य की जानकारी ली

यह क्रम पिछले चार दिनों से जारी है इस समय संक्रमण की दर सात दशमलव नौ चार प्रतिशत है और यह निरंतर घट रही है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देशव्यापी सघन उच्चस्तरीय जांच के बाद संक्रमण की दर में कमी आई है अब तक कुल नौ करोड़ पचास हजार अधिक जांच की गई जांच निगरानी घरों और अस्पतालों में प्रभावी उपचार से कोविड महामारी के विरूद्व लड़ाई में सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से मृत्यु दर में भी कमी आई है देश में संक्रमित मामलों में निरन्तर कमी आ रही है पिछले तीन दिनों में संक्रमित मामलों की संख्या आठ लाख से कम हुई है

इसके साथ ही अब राज्य में कल संक्रमित मरीजों की संख्या छियानबे हजार तीन सौ बावन हो गई है हालांकि कल राज्य भर में चार सौ बावन मरीज ठीक हए हैं इसमें रांची के एक सौ तिहत्तर मरीज शामिल हैं इसके साथ ही राज्य में अब तक नवासी हजार ग्यारह मरीज ठीक हो चुके हैं राज्य में रिकवरी रेट अब बानबे दशमलव तीन आठ पर पहुंच गयी है सकिय मरीजों की संख्या अब छह हजार पांच सौ दो रह गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना से राज्य भर में सात मौतें हुई है

इसमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के श्वसन रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तालुकदार भाग लेंगे यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि ब्नियादी ढांचे में वृद्धि और संगठनात्मक सुधारों से देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता और स्वायत्ता आई है प्रधानमंत्री ने एक समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किये गए गुणात्मक सुधारों से भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक केन्द्र बनेगा और हमारे युवा प्रतिस्पर्धी बनेंगे जिससे वे द्रसरों के मुकाबले बढ़त ले सकेंगे

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज आयुष्मान सहकार योजना की शुरूआत की यह योजना देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में सहयोग करने के लिए सहकारी समितियों की अनूठी पहल होगी आयुष्मान सहकार योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी ने बनाई है श्री तोमर ने कहा कि आने वाले दिनों में एनसीडीसी सक्रिय सहकारी समितियों को दस हजार करोड़ रूपये तक का ऋण दे सकती है

राज्य की दो विधान सभा सीटों दुमका और बेरमो के लिए कराए जा रहे उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्र वापस लेने के आखिरी दिन किसी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया इस तरह अब दुमका में बारह और बेरमो में सोलह अभ्यर्थी चुनाव मैदान में रह गये हैं इन दोनों सीटों पर तीन नवम्बर को वोट डाले जायेंगे और दस नवम्बर को वोटों की गिनती की जाएगी द्मका सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बसंत सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है वहीं प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने लुईस मरांडी को मैदान में उतारा है उधर द्वलार मरांडी को अम्बेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया और सूर्य सिंह बेसरा को झारखंड पीपुल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है इस सीट से आठ निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपना राजनीतिक भविष्य आजमा रहे हैं उधर बेरमो विधानसभा क्षेत्र में नाम वापसी के बाद सोलह उम्मीदवार मैदान में हैं कांग्रेस पार्टी ने यहां कुमार जयमंगल को अपना उम्मीदवार बनाया है वहीं भाजपा ने योगेश्वर महतो को मैदान में उतारा है तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बैद्यनाथ महतो को उम्मीदवार बनाया है लाल चंद महतो बहजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं बेरमो सीट के लिए हो रहे उपच्नाव में सात निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज बेरमो विधानसभा क्षेत्र के जरीडीह में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच चुनावी चर्चा की उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जाकर रघुवर सरकार के पांच साल और हेमंत सरकार के दस महीने के कार्यों को जनता के बीच रखें राज्य के पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने कहा है कि अपराधियों को हर हाल में कानून के दायरे में लाया जाएगा श्री राव ने कहा कि गड़बड़ी करनेवालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी श्री राव आज घनबाद जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध से जुड़े मामलों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने बताया कि संगठित अपराध करने वालों के खिलाफ बहुत ही कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है वैसे लोगों की सूची भी बनाई जा रही है जो विभिन्न तरह के संगठित अपराध में शामिल रहे हैं डीजीपी ने कहा कि वैद्य स्रोत के बिना धनवान बने लोगों की जांच करने का निर्देश दिया गया है देवघर जिले में साइबर प्लिस टीम ने ग्रप्त सूचना के आधार पर सारठ और पथरद्दा क्षेत्र में छापेमारी कर अटठारह साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से तैंतालीस मोबाइल चौवन सिमकार्ड बत्तीस पासबूक चौदह एटीएम समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गयी है पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से छियानर्बे हजार रूपये नगद के अलावा एक कार और एक मोटर साईकिल भी बरामद की गयी है

पलामू में डालटनगंज रांची मुख्य पथ पर आज सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया के चरवाडीह में एक साथ तीन वाहन आपस में भिड़ गए

शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है इस दिन देवी दुर्गा के चन्द्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है रांची समेत राज्य के सभी दूर्गा पूजा समितियों ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार के निर्देश के अनुसार पूजा आयोजित करने का निर्णय लिया है प्रजा पंडालों में भीड़ न जुटाने की पूरी तैयारी की जा रही है रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति के आयोजकों ने कहा है कि पूरे विधि विधान से पूजा की जाएगी और प्रशासन द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा दुर्गा पूजा में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण करने का निर्देश दिया है श्री झा ने बताया कि ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से चौबीस घंटे निगरानी की जाएगी रैफ और क्यूआरटी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेगी संक्षिप्त खबरें लोहरदगा जिले में नकली और मिलावटी मिठाईयां बेचने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है त्योहारों के दौरान मिठाई की गुणवत्ता बनी रहे तथा मिठाई में किसी प्रकार का मिलावट नहीं हो तथा गुटखा पान मेसाला एवं अन्य नशीली पदार्थ की बिक्री नहीं हो इसके लिए एक जाँच दल का गठन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया गया है रामगढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांडू में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए लकवा खसरा गलघोट काली खांसी नवजात टेटनस सहित कई बीमारियों को लेकर प्रशिक्षण दिया गया इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को नवजात बच्चों में विभिन्न रोगों को पहचानने एवं टीकाकरण के माध्यम से उनके उपचार के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई जामताड़ा मिहिजाम मुख्य सड़क के वोदमा गांव के पास एक मालवाहक वाहन की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई घटना के बाद ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को कई घंटों तक अवरुद्ध कर दिया